बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने की यह समूह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देशों के बाद बनाया गया है वायरस की स्थिति पर मंत्रिमण्डल समूह के सामने एक प्रस्तुति भी दी गई बैठक में बताया गया कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कई ऐहतियाति कदम उठाए गए है जिनमें चीन से आने वाले यात्रियों के ई वीजा को अस्थायी रूप से रोकना भी शामिल है

इनमें से अभी तक एक भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने कल वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सभी मेडिकल कॉलेजों के प्रमुखों तथा मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों से चर्चा कर इस रोग के बारे में जन जागरूकता लाने के निर्देश दिए

लोगों में इस रोग को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए हर वर्ष यह दिन मनाया जाता है इस दिन विशेष रूप से लोगों को कैंसर की रोकथाम पहचान और उपचार को लेकर जानकारियां दी जाती है प्रदेश में भी इसे लेकर अनेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है इस दौरान विभिन्न जिलों में कैंसर स्क्रीनिंग शिविर भी लगाए गए है

शीर्ष न्यायालय ने उच्च न्यायालयों से इस मुद्दे पर राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श की प्रक्रिया तेज करने को कहा है

परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खांचरियावास जयपुर में सड़क सुरक्षा जन जागरूकता रैली को हरी झण्ड़ी दिखाकर कार्यक्रम की शुरूआत करेगे पूरे सप्ताह के कार्यक्रमो में युवा वर्ग को जागरूक करने पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित किया जाएगा सभी सरकारी कार्यालयों विद्यालयों और महाविद्यालयों में सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई जाएगी

बीकानेर के महाजन क्षेत्र में दो ट्रकों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई और तीन लोग घायल हो गए उधर सवाईमाधोपुर के तारनपुर के पास ट्रैक्टर ट्रोली की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार महिला की मौके पर ही मृत्यू हो गई

सहकारिता रजिस्ट्रार नीरज के पवन ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सरकार कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को बढावा देकर किसानों की आय में बढोतरी करना चाहती है

यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्रे अजौले अल्बर्ट हॉल में आयोजित समारोह में यह प्रमाण पत्र देंगी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा कई मंत्री और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेगें